मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कैदियों के पुनर्वास के लिए और अधिक प्रयास किए जाने पर बल दिया है शिमला में आज जेल और सुधार सेवाएं विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि गैर सरकारी संगठनों व औद्योगिक घरानों को कैदियों के पुनर्वास में सहयोग देना चाहिए इस सम्मेलन का उद्देश्य जेलों में सजा काट रहे कैदियों को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना है मुख्यमंत्री ने समाज के सभी सदस्यों से जेल में कैदियों को हरसंभव सहयोग देने का आग्रह किया ताकि कारावास की अवधि पूरी होने के बाद वे सामान्य जीवन जी सके

मुख्यमंत्री ने कैदियों के कल्याण में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को प्रशंसा पुरस्कार प्रदान किए राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि पिछले तीन चार वर्षो में देश में अनेक सुधार हुए हैं और दुनिया का भारत के प्रति नजरिया बदला है सोलन जिले के चायल में आज भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की परिषद बैठक में उन्होंने कहा कि ये सुधार देशहित के लिए महत्वपूर्ण है राज्यपाल ने देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी सरकारी योजनाओं के संचालन में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की भूमिका को सराहा

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने ये साहसिक फैसला लिया है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि देशभर में भाजपा इस ऐतिहासिक फैसले को जन जन तक पहुंचाने के लिए मंडल स्तर पर जन जागरण कार्यक्रम आयोजित करेगी उन्होंने कहा कि ये निर्णय देश की सुरक्षा व अखंडता बनाए रखने में लम्बे समय के लिए मददगार होगा शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज व सांसद सुरेश कश्यप सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके मौजूद रहे विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने आज कांगड़ा जिले के ननाओं में जनसुनवाई की

उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की मदद के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष गठित किया गया ताकि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को उपचार के लिए मदद दी जा सके परमार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभार्थियों को चैक भी वितरित किए गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज शिमला में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा सप्ताह के तहत रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया इसमें कई जानेमाने खिलाड़ियों ने रक्तदान किया गोविंद ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जीवन सभी के लिए आदर्श व प्रेरणा का स्रोत है

धुमल इस बीच सेवा सप्ताह के तहत आज हमीरपुर जिले की कक्कड़ पंचायत में स्वास्थ्य सेवा शिविर लगाया गया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया उन्होंने कहा कि केन्द्रीय वित्त व कॉर्पोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा चलाई गई सांसद मोबाईल स्वास्थ्य सेवा से लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा है वीरेन्द्र कंवर पुशपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि गौ सदनों को घरेलू दरों पर बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी और इस बारे में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है ऊना जिले के थानाकलां में गौ सदन संचालकों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि गौ सदन चलाने वालों की समस्याओं से राज्य सरकार परिचित हैं और उन्हें दूर करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं

वीरभद्र पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को आज सुबह आईजीएमसी शिमला से पीजीआई चण्डीगढ़ रैफर किया गया है सूत्रों के अनुसार सांस की दिक्कत के कारण वीरभद्र सिंह पिछले दो दिन से आईजी एमसी शिमला में भर्ती थे और शिमला में धुंध को देखते हुए डाक्टरों ने उन्हें पीजीआई रैफर करने का फैसला लिया डॉक्टरों के अनुसार वीरभद्र सिंह की तबीयत सामान्य है वन केन्द्र सरकार ने बर्फीले तेंदुए और अन्य विलुप्त होती प्रजातियों के संवर्धन के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है

उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को धरातल पर उतारने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी